उन्होंने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय विधि व संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद से इस मुददे को लेकर मुलाकात की मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए निवेश आकर्षित करने में मदद का भी आग्रह किया

कोरोना वायरस केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए लोगों को चीन की यात्रा पर न जाने की सलाह दी है चीन से आने वाले यात्रियों से भी कहा गया है कि वे अपने स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रखें

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में नोवेल कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में सामने आया है बसंत पंचमी बसंत पंचमी का पर्व आज प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया गया इस पर्व को बसंतोत्सव और फूलों के खिलने के मौसम का आरंभ माना जाता है बसंत पंचमी के मौके पर कुल्लू में भगवान रघुनाथ जी की शोभा यात्रा निकाली गई हमारे प्रतिनिधि के अनुसार कुल्लू में आज से ही होली के त्योहार की शुरूआत हो जाती है

बजट सत्र के पहले दिन कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को सम्बोधित करेंगे इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जायेगा बजट शनिवार पहली फरवरी को प्रस्तुत किया जायेगा पुण्यतिथि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य तिथि आज शहीदी दिवस के रूप में मनाई गई

प्रदेश के विभिन्न जिलों में दो मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता को श्रद्वांजलि दी गई शिमला के रिज मैदान पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मुख्य सचिव अनिल खाची ने प्रष्पांजलि अर्पित की बिक्रम ठाकुर ऊना ज़िला के बंगाणा में रोजगार उप कार्यालय का उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज शुभारंभ किया ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर भी इस दौरान मौजूद रहे इस रोजगार कार्यालय में युवाओ का ऑनलाईन पंजीकरण किया जाएगा बिक्रम ठाकूर ने कहा कि राज्य सरकार सभी पात्र लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने को प्रयासरत्त है ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि उप रोजगार कार्यालय खुलने से बंगाणा वासियों की लम्बे समय से चल रही मांग पूरी हुई है

योजना मंडी ज़िले के सुन्दरनगर क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत धनियारा सौझा बोई उठाऊ पेयजल योजना के पहले चरण की विधायक राकेश जम्वाल ने आधारशिला रखी

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सलापड़ तत्तापानी सड़क को डब्बललेन बनाने का कार्ये जल्द शुरू किया जाएगा